उन्होंने कहा कि देश में अब तक कोविड से लगभग दस लाख लोग ठीक हो चुके हैं उन्होंने कहा कि इस समय देश में प्रतिदिन पाँच लाख से ज्यादा कोरोना परीक्षण किए जा रहे हैं जिसे बढ़ाकर दस लाख करने के प्रयास जारी हैं प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था से नए और सेवानिवृत्त पेशेवरों को जोड़ने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत किया कि ये त्योहारों के दौरान सतर्क रहें ताकि संक्रमण न फैले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कांफैसिंग के जरिए नाहन क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बाहरी राज्यों से घर वापिस लौटे कामगारों के सशक्तिकरण के लिए सीएसआर का अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह किया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और ऐसे समय में सीएसआर के माध्यम से सभी कामगारों के कौशल विकास व उनके सशक्तिकरण के लिए कंपनियों को आगे आना चाहिए

नमस्कार